अपने मंत्रालय की चार साल की उपलब्धियों के बारे में आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रम ने कहा कि नई औद्योगिक नीति पर गहन परामर्श जारी है और नई नीति चौथी औद्योगिक क्रान्ति के लिए भारत को तैयार करेगी श्री प्रभू ने कहा कि केन्द्र सरकार ने लोगों के बीच कारोबार का विश्वास बढ़ाया है घरेलू निवेश बढ़ा है और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ रहा है श्री प्रभु ने कहा कि सरकार देश में निर्यात बढ़ाने और कृषि विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एक रणनीति पर काम कर रही है

श्रीमती गांधी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और इसके लिए चौतरफा प्रयास किये जा रहे हैं

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना और मातृ शिशु मृत्यु में कमी लाना हैं

इस मौके पर रेलवे के समी अधिकारी मौजूद रहे

मुख्यमंत्री ने बौंली में बीसलपुर बौंली पेयजल परियोजना के कार्य का अवलोकन किया और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी समस्याए सुनी

उन्होंने गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र की चार परियोजनाओं का लोकार्पण किया और चार परियोजनाओं का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किये और विद्यार्थियों को स्कूटी और लैपटॉप वितरित किये

इस कार्यकम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुख्य अतिथि होगें और कार्यक्रम कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री वी सतीश प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर समेत बडी संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं

हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह योजना लामार्थियों को समय पर राशन मिलने में भी सहायक सिद्ध हो रही है

प्रतापगढ में वन विभाग द्वारा वन्यजीव रेस्क्यू वार्ड बनाया गया है जहां घायल वन्य जीवों के उपचार की व्यवस्था की गई है

राजघानी जयपुर में दोपहर बाद कृष्ठ स्थानों पर तेज आंधी के बाद बारिश हुई सवाईमाघोपुर दौसा करौली सहित अन्य स्थानो से भी आंधी और हल्की वर्षा के समाचार मिले हैं दूसरी ओर प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी जिलों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहा हालांकि प्रदेशमर के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है

मौसम विमाग ने जयपुर अलवर दौसा करौली झालावाड़ घौलपुर झुंझुनू बारा टोंक तथा भरतपुर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है